वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लघ् वनपजों के समर्थन मूल्य पर बोनस देने के राज्य सरकार के निर्णय से तेरह लाख वनवासी परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण सब्सिडी की व्यवस्था मार्च दो हजार बीस तक के लिए बढ़ा दी गई है नई दिल्ली में आज उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अड़सठ लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि इस योजना में सैंतीस लाख मकान बन रहे हैं और साढ़े तेरह लाख मकान बनाकर लाभार्थियों को दे दिए गए हैं वर्षांत श्रंखला कार्यक्रम केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर दिया जा रहा है अनाज का तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ ही है लेकिन जो हॉर्टिकल्चर का उत्पादन हुआ वो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ प्रोसेस्ड आइटम था फल सब्जियों का ये दोगुना निर्यात हुआ है तो उत्पादन बढ़ा और इसके कारण हम जो आयातक देश थे अब दुनिया के नक्शे पर हम एक निर्यातक देश में आ चुके है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से वर्षात कार्यक्रम श्रृंखला में आज केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रसारित होगा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से रात सवा नौ बजे से सुना जा सकेगा

मुख्यमंत्री जांजगीर चांपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को रबी फसल के लिए नहरों से पानी दिया जाएगा जांजगीर चांपा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि इस समय बांधो में पर्याप्त मात्रा में पानी है उन्होंने कहा कि किसानों को जब फसलों के लिए पानी मिलेगा तो उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मवेशियों के लिए चारा और चरवाहे की व्यवस्था करने की भी बात कही उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मवेशियों के लिए गोठान नहीं है वहां गोठान बनवाए जाएंगे उन्होंने कहा कि मवेशियों के संरक्षण की व्यवस्था होने पर गोबर गैस और खाद का उत्पादन होगा जिससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित मंत्रालय में अनुसूचित जाति उपयोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए अनुसूचित जाति विकास से संबंधित कार्यो के लिए लगभग सत्रह करोड़ रूपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहल्य पांच जिलों के एक सौ पचहत्तर गांवों को शामिल किया गया है इनमें बलौदाबाजार भाटापारा जिले के चालीस बेमेतरा के तीस जांजगीर चांपा के तीस मुंगेली जिले के चालीस और बिलासपुर जिले के पैंतीस गांवों का चयन किया गया है मुख्यमंत्री कलेक्टर निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराया है उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि पंद्रह दिसम्बर दो हजार अट्ठारह की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिला मुख्यालयों में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण को लेकर की जा रही कार्रवाई की जानकारी सात जनवरी तक उपलब्ध कराई जाए उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे और निराकरण में विलम्ब होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी श्री बघेल ने कहा कि राज्य के नागरिकों को जनोपयोगी सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध कराना शासन की पहली प्राथमिकता है श्री बघेल ने कलेक्टरों से कहा कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों को अपना कार्य कराने के लिए शासकीय कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को नये वर्ष की श्भकामनाएं और बधाई भी दी हैं एसीबी छापा एन्टी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज अभनपुर नगर पालिका के दो अधिकारियों को दो लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है इनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल शर्मा और सब इंजीनियर सुरेन्द्र गुप्ता शामिल हैं दोनों अधिकारियों ने पृष्प वाटिका का निर्माण करने के बाद पचपन लाख रूपये का बिल पास कराने के बदले ठेकेदार से दो लाख रूपये की मांग की थी इसके पहले वे बिल पास कराने के नाम पर ठेकेदार से दस लाख रूपये की रिश्वत ले चुके थे ठेकेदार की शिकायत पर इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई

श्री अकबर ने कहा कि इस वर्ष से तेन्द्रपत्ता संग्रहण की दर प्रति मानक बोरा ढाई हजार रूपये से बढ़ाकर चार हजार रूपये की जा रही है उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि और फसल हानि को ध्यान में रखकर वर्तमान योजना का परीक्षण कर कार्ययोजना बनाई जाएगी इसके आधार पर जनहानि और फसल हानि से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा ताम्रध्वज साहू पुलिस बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कार्ययोजना बनाई जाए कि प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा का अनुभव हो और वे पुलिस को अपना मित्र समझें श्री साह ने आज राजधानी स्थित अटल नगर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली श्री साहू ने कहा कि पुलिस को अपनी बेहतर कार्यशैली और व्यवहार से आम जनता का विश्वास जीतना चाहिए पुलिस पर जनता का जितना ज्यादा विश्वास होगा पुलिस को अपने दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में सहूलियत होगी रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच अलूर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में तीन विकेट के नुकसान पर एक सौ इक्कीस रन बना लिए हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से हरप्रीत सिंह तिरपन और अमनदीप खरे तिरालीस रन बनाकर नाबाद रहे कर्नाटक की तरफ से अभिमन्यू मिथून ने छत्तीसगढ़ के तीन बल्लेबाजों को आउट किया इससे पहले आज कर्नाटक की पहली पारी चार सौ अट्ठारह रनों पर सिमट गई छत्तीसगढ़ अभी भी कर्नाटक की पहली पारी से दो सौ संतानवे रन पीछे है नव वर्ष बधाई प्रदेश में दो हजार अट्ठारह की विदाई और नए वर्ष दो हजार उन्नीस के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं राजधानी रायपुर सहित राज्यभर में नए साल के जश्न का माहौल नजर आने लगा है नववर्ष पर होने वाले आयोजनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बंधेल ने प्रदेश की जनता को नये वर्ष की बधाई और शुभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि नया वर्ष प्रदेश के नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि शांति और खुशहाली लाएगा मौसम प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों तक प्रदेश के मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर में हो रही बर्फबारी के कारण छत्तीसगढ़ में ठंडी और शुष्क हवाएं चल रही हैं जिसके असर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दुर्ग में न्यूनतम छह डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस कम है वहीं राजधानी रायपुर का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रहा

उन्होंने अलग अलग देशों से आए पर्यवेक्षकों के साथ मतदान केन्द्रों का अवलोकन किया श्री साह वहां की संसदीय निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से रू ब रू हए श्री साहू ने बताया कि बांग्लादेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह मतदान के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखा बांग्लादेश में संसदीय निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रो पर माहौल शांत और सौहार्द्रपूर्ण नजर आया

श्री जोगी ने पेण्ड्रा गौरेला और मरवाही को जिला बनाने की मांग की इसके अलावा उन्होंने मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी को भी जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल को एक ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर विधायक धरमजीत सिंह रेणु जोगी और पूर्व विधायक अमित जोगी भी उपस्थित थे संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रायपुर स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी

जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई कबीरधाम जिले में राजस्व विभाग की टीम ने धान का अवैध परिवहन कर रहे एक वाहन की तलाशी के दौरान एक सौ चालीस कट्टा धान जब्त किया है